अभियान में बिना वैध इनर लाईस परमिट के करीबन एक सौ सत्तर व्यक्तियों का पता चला जिला उपायुक्त ने अभियान के दौरान कहा कि इस तरह के उल्लंघन करने वालों को जिला प्रशासन कदापी सहन नहीं करेगा उन्होंने सभी से इस मुहिम में प्रशासन का साथ देकर अभियान को सफल बनाने की अपील की ईस्ट कामेंग उपायुक्त गोरव सिंह राजावत ने जिले के डी डी एस ई से विद्यालयों के फिजिकल आकलन के रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि इस पर उचित कार्रवाई किया जा सके सेप्पा में कल ईस्ट कामेंग शिक्षा विकास समिति समिक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही उन्होंने इस दौरान दूर दराज स्थित स्कूलों को कारगार बनाने और सरकारी पहल की आकलन और निरिक्षण के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया श्री राजावत ने जिले के सभी निजि स्कूलों से भी इक्कीस फरवरी तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एस एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती है शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वे एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा

कुछ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है इस कानून में इकतीस दिसंबर दो हजार चौदह या इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार हिंदू सिक्ख बौद्ध जैन तथा पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बारह दिसंबर दो हजार उन्नीस को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और तब से यह कानून बन गया है उच्चतम न्यायालय ने संसद से सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने कल ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि संसद को फिर से सोचना होगा कि क्या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर फैसले का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को अर्द्वन्यायिक प्राधिकारी के रुप में दिया जाना चाहिए न्यायालय ने कहा कि सदन का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रुप से किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होता है न्यायालय ने कहा कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की बजाए संसदीय ट्रिब्यूनल को देने के लिए संविधान संशोधन पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार दो हजार बीस प्रदान किये ये प्रस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये प्रस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता पुरस्कार के लिए चुने गये बाईस बच्चों को भी इस पुरस्कार से सम्मानिय किया पैंतालीस से अधिक लोगों की जान बचाने वाले केरल के आदित्य ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि खतरे की स्थिति में व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए और दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए मुदस्सिर अशरफ का कहना था कि संकट की स्थिति में व्यक्ति को साहस का परिचय देना चाहिए छत्तीसगढ़ की भामेश्वरी निर्मलकर ने कहा कि सभी बच्चों को दूसरों की मदद करने क आप्रयास करना चाहिए बागजाम आबू कल्याण सोसायटी ने हाल ही में यूवा इकाई का गठन कर उसे बागजाम आबू युवा कल्याण सोसायटी का नाम दिया हाल में हुए बैठक में बागजाम ताशी को सोसायटी का अध्यक्ष और रिजियों ताकोंग बागजाम को जनरल सेक्ट्रेरी चुना गया बैठक के दौरान युवा इकाई ने क्षेत्र के वन्यजीव और प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लिया मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शिक्षा और प्रतिभाशाली मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिक दे रहे है